कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के पूर्व सैनिकों को शामिल करने का राज्यपाल को दिया सुझाव केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कोरोना से निपटने के लिए केन्द्र सरकार उठा रही है सभी ज़रूरी कदम

कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है मगर खपत के लिए योजनाबद्व तरीके से काम करने की ज़रूरत है मण्डी ज़िले के मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हिमाचल में हालात काफी सामान्य हैं जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में अधिक बिस्तरों पर ऑक्सीजन सुविधा देने को निर्देश भी दिए इससे पूर्व उन्होंने कॉलेज में अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा भी की

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में नवनिर्मित मातू व शिशु अस्पताल का दौरा भी किया

उन्होंने राज्यपाल को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य के पूर्व सैनिकों को शामिल करने और सैन्य व्यवस्था का लाभ उठाने का सुझाव दिया राजनाथ सिंह ने कहा कि सैनिक गैस्ट हाउस रेस्ट हाउस व अन्य मेडिकल सुविधाओं का लाभ भी लिया जा सकता है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उनके सुझावों पर कार्य योजना बनाकर महामारी के खिलाफ क्षेत्रीय स्तर पर पूर्व सैनिकों की अधिक सेवाएं लेकर मज़बूती से काम किया जाएगा उन्होंने राजनाथ सिंह का प्रदेश के प्रति संवेदनशीलता के लिए आभार भी व्यक्त किया वीरेन्द्र कंवर कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि किसानों की सुविधा के लिए ऊना ज़िले के दो स्थानों कांगड़ व टकारला में एफसीआई गेहूं की खरीद कर रहा है

कंवर ने किसानों से इस सुविधा का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा है कि इसके लिए उन्हें कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा जारी किसान प्रमाण पत्र साथ लाना होगा

अभिताम अवस्थी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा है कि कोरोना के इस बुरे दौर में ऑक्सीज़न की समुचित आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है सोलन ज़िले के बद्दी में ऑक्सीज़न उत्पादकों व वितरकों के साथ एक बैठक में उन्होंने ये बात कही अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि किसी भी स्तर पर ऑक्सीज़न की कमी न हो उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में ऑक्सीज़न की आपूर्ति मांग से अधिक है मगर रोगियों की संख्या में वृद्धि होने से इस मांग में भी बढ़ौतरी होगी आर्थिक मदद प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार से हाल ही में बेमौसमी बर्फबारी व ओलावृष्टि से फसलों व फलों को हुए भारी नुकसान को लेकर किसानों व बागवानों को आर्थिक मदद देने की मांग की है इस संबंध में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक दल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन दिया ज्ञापन में किसानों बागवानों को तुरंत आर्थिक मदद के अलावा केन्द्र से विशेष क्षतिपूर्ति पैकेज कीटनाशक व एंटी हेलनेट का निशुल्क वितरण और केसीसी पर ब्याज को माफ करने की मांग की गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए केन्द्र सरकार सभी ज़रूरी कदम उठा रही है एक बयान में उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सभी निर्देशो का गम्भीरता से पालन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र ने देशभर के ज़िला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीज़न जनरेशन प्लांट बनाने को मंजूरी दी है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इस आपदा में हर कदम पर देशवासियों के साथ खड़ी है कर्फ्यू प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा ऊना सोलन और सिरमौर में आज से रात्रि कर्फ्यू रहेगा

हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

कांग्रेस सेवादल प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने कर्मचारियों और पैंशनरों के एक दिन के वेतन में कटौती संबंधी निर्णय का विरोध किया है शिमला से जारी एक बयान में कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा है कि बिना सहमति लिए वेतन में कटौती करना तर्कसंगत नहीं है उन्होंने राज्य सरकार से मुख्यमंत्री राहत कोष पर श्वेत पत्र की मांग की है अनुराग शर्मा ने सरकार पर कोरोना से निपटने के लिए गम्भीर न होने का आरोप भी लगाया है प्रकाश राणा जोगिन्द्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने सिविल अस्पताल जोगिन्द्रनगर को एक एम्बुलेंस भेंट की उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के समय में लोगों की सुविधा के लिए ये एम्बुलेंस प्रदान की गई है उन्होंने कहा कि वे सीविल अस्पताल जोगिन्द्रनगर व लड़भड़ोल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौंतड़ा के लिए एक एक ऑक्सीज़न कंसनट्रेटर भी प्रदान करेंगे अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश में ऑक्सीज़न की कोई कमी नहीं खपत के लिए योजनाबद्द तरीके से काम करने की ज़रूरत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के पूर्व सैनिकों को शामिल करने का राज्यपाल को दिया सुझाव केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कोरोना से निपटने के लिए केन्द्र सरकार उठा रही है सभी ज़रूरी कदम

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार